प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण देखाकहा प्रधानमंत्री के शब्दों ने किया प्रोत्साहित

पूर्व रक्षा मंत्री और देश में आपातकाल के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले जॉर्ज फर्नान्डीज का निधन

वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आये लगभग दो हजार विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे इस चर्चा का आयोजन परीक्षाओं से पहले किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किये बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा को केवल परीक्षा तक सीमित नहीं किया जा सकता बल्कि इससे विद्यार्थियों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुने और उस पर ध्यान दें उन्होंने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपे बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्सांहित करते रहें

उन्होंने कहा कि बच्चों को भी अपने माता पिता को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वे उन्हें उनकी प्रतिभा और रूचि के अनुसार फैसला लेने में मदद करें इस कार्यक्रम में ईरान नेपाल दोहा कुवैत सऊदी अरब जैसे देशों से भी विद्यार्थी भाग ले रहे थे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर आज रात विशेष चर्चा प्रसारित करेगा अंग्रेजी और हिन्दी में प्रसारित की जाने वाली यह परिचर्चा एफ एम गोल्ड चैनल पर रात साढ़े नौ बजे से सुनी जा सकती है

देहरादून में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए शहर के कई स्कूलों में प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई इस दौरान स्कूलों के शिक्षक और प्रधानाचार्य भी बच्चों के साथ मौजूद रहे

छात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री की बात सुनकर उनका ना सिर्फ मानसिक तनाव दूर हुआ है बल्कि परीक्षा की तैयारियों के लिए भी काफी प्ररेणा मिली है वहीं परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को ऊधमसिंह नगर जिले के दिनेशपुर और रूद्रपुर में छात्र छात्राओं ने बड़ी तन्मयता से सुना

गढ़वाल मंडल का आवासीय विद्यालय पौड़ी जिले के जयहरीखाल में बनेगा सोमवार को जयहरीखाल पहुंचे मुख्यमंत्री ने बताया कि जयहरीखाल में विद्यालय के लिए स्थान उपलब्ध हो गया है उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय में समाज के सभी वर्गो के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रवेश मिलेगा इसका शुल्क उनके अभिभावकों की आय के हिसाब से निर्धारित किया जायेगा जिनके अभिभावकों की कोई इनकम नहीं है लेकिन उनके बच्चे मेधावी हैं तो उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी

उन्होंने कहा कि वर्तमान पर्यटन नीति में एम एसएमई के अंतर्गत जो भी सुविधाएं है वे अब होमस्टे को मिलेंगी

मौसम विभाग ने निचले इलाकों में बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कहीं कोहरा रहने की संभावना है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों में देहरादून हरिद्वार पौड़ी नैनीताल और उधमसिंह नगर जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है वहीं मंगलवार को चटक धूप खिली रही जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली हालांकि कहीं कहीं आंशिक रूप से बादल भी छाये रहे ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बर्फ के चलते जनजीवन अब भी प्रभावित है कई सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का काम लगातार जारी है

एक समाचार एजेंसी के मुताबिक रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने सोमवार को बताया कि पिछले कुछ दिनों से हिमालयी धाम में भारी हिमपात की वजह से केदारनाथ में सात आठ फूट मोटी बर्फ की परत जम गयी है इस कारण वहां पुनर्निर्माण के काम में जुटे श्रमिकों के लिए कार्य जारी रखना बेहद मुश्किल हो गया उन्होंने कहा कि भारी हिमपात से क्षेत्र में गढ़वाल मंडल विकास निगम की कृछ झोपडियां बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं जिससे केदारनाथ धाम में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो गयी है

गौरतलब है कि केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना प्रधानमंत्री की पसंदीदा परियोजनाओं में से एक है और वे यहां स्वयं आने के अतिरिक्त समय समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसकी प्रगति की समीक्षा करते रहते हैं

वे अठासी वर्ष के थे श्री फर्नान्डीज का अंतिम संस्कार कल किया जायेगा जार्ज फर्नांडिस का जन्म कर्नाटक में मंगलूरु में हुआ

नौ बार लोकसभा और एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे श्री फर्नान्डीज ने केन्द्र में रक्षा रेल और उद्योग मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर दुख व्यक्त किया है विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त किया है